अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने कहा भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा इस वर्ष साढ़े सात प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान दो हजार बीस में वृद्धि दर सात दशमलव सात प्रतिशत होने की उम्मीद प्रदेश विधानमंडल का आगामी सत्र पांच फरवरी से होगा शुरू

प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में कल से तीन दिवसीय पन्द्रहवां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन शुरू हो गया पहले दिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस का शुभारम्भ विदेशमंत्री सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दीप प्रज्ज्वलित करके किया इस अवसर पर केन्द्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री कर्नल राज्यवर्द्दन राठौड़ तथा विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे दुनिया के विभिन्न भागों से आये युवा प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया उन्होंने कहा कि जो लोग भारत में काम करना चाहते हैं उन्हें देश असीमित अवसर प्रदान करता है श्रीमती स्वराज ने कहा कि प्रवासी भारतीयों और देशवासियों की साझा पहचान ही उनकी शक्ति है हमारे सम्मानित अतिथि चौथी बार के चुने हुए सांसद श्री कवंलजीत सिंह बख्शी और भारत से और विदेश के अनेक देशों से आए हुए मेरे बहुत ही नौजवान साथियों पी वी डी में भाग लेने के लिए हमारे पास आए हैं और जिन्होंने हमें एक यंग सांसद नोर्वे से दिया है विदेश मंत्री ने कहा कि भारत से पिछली पीढ़ियों के लोग व्यापारियों श्रमिकों उद्यमियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के रूप में दूसरे देशों में गए थे विदेशों में भारतीय प्रवासियों की सफलता भारत के लिए सम्मान की बात है खेल और युवा मामले मंत्री कर्नल राज्यवद्दघन राठौड़ ने प्रवासी भारतीयों के बीच बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं का स्वागत करते हुए कहा कि नए भारत के निर्माण में देश प्रवासियों का समर्थन चाहता है श्री राठौड़ ने कहा कि प्रवासी भारतीय देश के सबसे बड़े दूत हैं अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए आपने कदम उठाया होगा या आपके पूर्वजों ने कदम उठाया होगा उसमें बहुत ताकत है उसमें एक स्वार्थ की ताकत है स्वामिमान की ताकत है कुछ बदलने की ताकत आपने अपनी पहचान वहां पर बनाई एक आइडेटिटी आपने अपनी वहां क्रिएट करी और आज जो आप वहां से यहां आए हैं उसमें भी बहुत ताकत है जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ तो हमें आपका साथ चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद उन्होंने राज्य में निवेश के परिदृश्य में बहुत परिवर्तन लाने का प्रयास किया उन्होंने प्रवासी भारतीयों को अपनी पिछली पीढ़ियों के राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया मुख्यमंत्री ने कहा मानवता के सबसे बड़े अध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम प्रयागराज कृम्भ में जाने का अवसर भी हम सबको प्राप्त होगा तमाम देखों में आप सबने अपनी प्रतिमा को लोहा मनवाया है अपनी प्रतिमा के माध्याम से लोगों को एक नई दिशा दी उससे न केवल आपको न सम्मान मिला है बल्कि आपके सम्मान के साथ पूरे देश का सम्मान जुड़ जाता है भारत का सम्मान भी उसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है न्यूजीलैंड के सांसद कवल जीत सिंह बक्शी और नार्वे के सांसद हिमांशु गुलाटी युवा प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे प्रवासी भारतीय दिवस दो हजार उन्नीस का विषय है नव भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका तीन दिन के कार्यक्रम के दौरान भारतीय मूल के विश्व के कई नेता भारतीय प्रवासियों की भूमिका के बारे में अपने विचार प्रकट करेंगे और बौरा हमारे संवाददाता से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ज्ञान के पारस्परिक आदान प्रदान का केंद्र बना जहां दृनिया भर से आए यूवा छात्रों प्रोफेसरों और छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ संवाद में हिस्सा लिया तमाम अप्रवासी प्रतिमागियों ने बनारस के घाटों पर चल रहे गंगा महोत्सव के साथ ही अन्य स्थानों पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद उठाया मॉरीशस के प्रचानमंत्री प्रवीद जगनॉथ भी काशी पहुंच गए जो उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे वाराणसी पहुंचने पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार वाराणसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस का आज औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द्र कुमार जगनॉत इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समापन भाषण देंगे और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष आई एम एफ ने कहा है कि इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आयेगी आई एम एफ का अनुमान है कि इस वर्ष अर्थव्यवस्था की वृद्वि दर साढ़े सात प्रतिशत रहेगी जबकि अगले वर्ष ये दर सात दशमलव सात प्रतिशत होगी भारत की वृद्वि दर इन दो वर्षो में चीन की अनुमानित विकास दर छह दशमलव दो प्रतिशत से एक प्रतिशत अधिक रहेगी आई एम एफ ने तेल की कम कीमतों और मौद्रिक सख्ती की धीमी गति को भारत की विकास दर में वृद्दि का प्रमुख कारक बताया है वाशिंगटन में कल जारी जनवरी माह के विश्व अर्थव्यवस्था के परिदृश्य रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा उत्तर प्रदेश विधानमंडल का आगामी सत्र पांच फरवरी से शुरू होगा राज्यपाल राम नाईक सत्र के पहले दिन पांच फरवरी को विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे प्रयागराज में कुंम मेले के दूसरे मुख्य स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के अवसर पर कल एक करोड़ से अधिक श्रद्वालुओं ने गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाई स्नान के बाद श्रद्वालुओं ने दान पुण्य किया इसके साथ ही कल से एक महीने तक चलने वाले कल्पवास की भी शुरूआत हो गई है जप तप व दान का दिन पौष पूर्णिमा हिन्दू धर्म के सबसे प्राचीन पर्वो में से एक हैं इस दिन कुंभ में स्नान का विशेष महत्व है पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रशासन द्वारा मेला क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये थे मेला अधिकारी विजय किरण आनन्द ने बताया कि र्मेला क्षेत्र में सात सौ और पूरे शहर में डेढ़ हजार से अधिक साइन बोर्ड लगाये गये हैं प्रयागराज में पन्द्रह जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पहले मुख्य स्नान के साथ ही कुंभ मेले का शुभारम्भ हुआ था तीसरा मुख्य स्नान चार फरवरी मौनी अमावस्या पर होगा मेले का समापन चार मार्चे को महाशिवरात्रि के दिन होगा

तेज हवाओं के साथ बारिश होने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पारा नीचे आ गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर मेरठ बरेली आगरा बदायूं मुरादाबाद बिजनौर में तेज बारिश हुई है जिसके कारण ठण्ड में बढ़ोत्तरी हुई कृषि विशेषज्ञों के अनुसार फसलों के लिए यह बारिश लाभकारी है मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश विभिन्न जिलों में भी आज बारिश और ओलावृष्टि की सम्भावना है एक रिपोर्ट हमारे लखनऊ संवाददाता से यह बारिश कृषि फसलो के लिए काफी उपयोगी बताई जा रही है गेहूँ की फसल के लिए यह सबसे ज्यादा लाभदायक है खराब मौसम के कारण कई जिलों में आठ्यी कक्षा तक स्कूल आज तक के लिए बंद कर दिए गये हैं मजफ्फरनगर में स्कूल गुरूवार तक बंद रहेगे मौसम विभाग के पूर्वानुयान के अनुसार आज प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की सम्भावना है वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल भी ओलावृष्टि सम्भावित है